लौह प्रूरष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ चौवालीसवीं जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायी गयी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पृष्पांजलि अर्पित की बाद में उन्होंने वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की एकता में सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाया जाना सरदार पटेल को श्रद्वांजलि है

जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी सरदार साहब आपका जो सपना अधूरा था अब वो दीवार गिरा दी गई है इधर कोन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए आतंकवाद के द्वार थे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्हें हटाकर सरदार पटेल के सपने को पूरा किया अमित शाह ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से आयोजित रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरदार पटेल ने नये भारत की ब्रनियाद रखी थी बाईट जब गांधी जी ने पूरा काम समाप्त हुआ तब इन्होंने सरदार को पत्र लिखा रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी इतनी बड़ी थी सरदार आपके अलावा इसको कोई और नहीं कर सकता था आप ने इस देश को एक करके भारत की सबसे बड़ी सेवा करने का काम किया है लौह प्रूष की जयंती के अवसर पर राजधानी पटना समेत राज्यभर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये पटना में पटेल चौक चितकोहरा पूल के पास आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव सहित कई सांसद विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे विधानसभा के मुख्य द्वार स्थित शहीद स्मारक से एकता दौड़ का भी आयोजन किया गया जिसमें केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सांसद रामकृपाल यादव विधायक अरूण सिन्हा समेत विभिन्न दलों के कई प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया राजभवन गोलम्बर से आयोजित एकता दौड़ में गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिलों में भी एकता दौड़ का आयोजन कर सरदार पटेल को श्रद्वांजलि की गयी कृतज्ञ राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पैंतीसवीं पृण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की पटना के आईजीआईएमएस प्रांगण में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया नव निर्वाचित पांच विधायकों को आज विधान सभा के मुख्य भवन में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई हाल ही में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज से कमरुल होदा सिमरी बख्तियारपुर से जफर आलम दरौंदा से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल और बेलहर से रामदेव यादव ने जीत दर्ज की है इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राजद के प्रदेश अध्यक्ष राम चन्द्र पूर्वे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है छठव्रतियों ने नहाय खाय के अनुष्ठान के साथ नदियों तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान किया और शुद्ध घी में बना अरवा चावल और कद्दू का भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरूआत की छठ व्रती कल खरना करेंगे इसके साथ ही उनका छत्तीस घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा शनिवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और रविवार की सुबह उगते हुये सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व सम्पन्न होगा विभिन्न जिलों में गंगा सहित अन्य नदियों में सुरक्षा के मद्देनजर निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर के नासरीगंज घाट से पटना सिटी के गायघाट तक विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया इस दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे इधर प्रदेशभर में विभिन्न नदी पोखर और तालाबों में छठ घाटों के सौंर्दयीकरण तथा उन्हें सुरक्षित बनाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्ररा माहौल भक्तिमय हो गया है औरंगाबाद जिले में देव स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर परिसर में आज से चार दिवसीय छठ मेले की शुरूआत हो गयी जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि पूजा को लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आये श्रद्वालुयों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि छठ घाटों की साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है

उधर शहर के बीच से गुजरने वाली अधवारा समूह की बागमती नदी के दोनों किनारों पे मब्बी से लेकर एकमी घाट तक छठ के लिए घाट बनाने में युवा वर्ग आज पूरे दिन मशगूल रहे आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा वहीं जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया कि परिवार के साथ छठ पूजा मनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घर पहुंच गये हैं बाईट दूसरे प्रदेशों में रहने वाले जमुई जिले के निवासी अपने घर पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों में जुट गये हैं छठ व्रतियों के अर्घ्य दान के लिए जिले से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदी किउल में सैंकड़ों घाटों का निर्माण किया जा रहा है किउल नदी के लगभग पचास किलोमीटर की लम्बाई में बने सैंकड़ों घाटों पर जिले के हजारों छठ व्रती अर्घ्य दान देते हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए जमुई से मैं पंकज कुमार जमुई जिले के चकाई और झाझा थाना क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई में दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पकड़े गये नक्सली पाचू अंसारी और कैलाश रजक कई नक्सल वारदातों में वांछित थे गया जिले के कोंच प्रखंड के विकास पदाधिकारी राजीव रंजन की मौत मामले की जांच की मांग को लेकर जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ ने आज कार्य बहिष्कार किया प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने और सूसाइड नोट को सार्वजनिक किये जाने की मांग की है त्रिपुरा के अगरतला में खेले जा रहे विजय मर्चेट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मुकाबले में बिहार के आदित्य राज की शानदार गेंदबाजी की बदौलत त्रिपुरा की पहली पारी एक सौ चौरासी रन पर ही सिमट गयी आदित्य ने छिहत्तर रन देकर सात बल्लेबाजों को आउट किया

औरंगाबाद जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर सड़क द्र्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी